इसलिए सभी श्रोताओं से अधील है कि किसी भी तरह की कोताही न बरतें

सुरक्षित रहें और इन आसान उ ायों का शालन करें

सशस्त्र बल संजीवनी भारतीय सशस्त्र बलों के अन्भवी चिकित्सकों ने राष्ट्र के आहवान को देखते हए आम मरीजों के लिए ऑनलाइन रामर्श देना श्रू कर दिया है

इस योजना से आय्ष्मान कार्डधारी रिवारों को कोविड का निश्ल्क उ चार मिलेगा

सागर जिले में देवरी में लोक निर्माण मंत्री गो ाल भार्गव ने कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया

रेमडेसिवर वितरण केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को महत्व ूर्ण एंटी वायरल दवा रेमडेसिवर की उ लब्धता स्निश्चित करने के लिए एक विस्तारित आवंटन योजना श्रू की है इससे देश भर में इस महत्वपूर्ण दवा की स्चारू आपूर्ति स्निश्चित होगी केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा ने कहा कि इस दवा की लगातार आपूर्ति से महामारी से लड़ने में सहायता मिलेगी नई योजना से मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों के लिए इसके आवंटन में काफी वद्धि होगी

कारोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उप्रायों को सुनिश्चित करने की दिशा में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग दवारा उठाए गए कई कदमों के बाद अब सरकार ने यह एक और छूट दी है जिन कर्मचारियों को कार्यालय आने की छूट दी गई है उन्हें घर से ही काम करना होगा कनटेनमेंट ज़ोन में निवास करने वाले केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को भी तब तक कार्यालय आने की छूट दी गई है जब तक उस क्षेत्र को कनटेनमेंट ज़ोन से बाहर अधिसूचित नहीं कर दिया जाता आदेश में कहा गया है कि कार्यालय आने वाले सभी अधिकारियों को मास्क हनने सुरक्षित दूरी बनाए रखने सैनिटाइजर का उ योग करने और साबुन तथा ानी से लगातार हाथ धोने सहित कोविड उ य्क्त व्यवहार का सख्ती से ालन करना चाहिए रेलवे उ लब्धि कोरोना संक्रमण काल मे चल रही विषम रिस्थितियों और च्नौतियों के बाद भी श्चिम मध्य रेलवे ने आ दा को अवसर में बदलते हए छले वर्ष अप्रैल माह की त्लना में इस माह तीन ग्ना अधिक लोडिंग करने का नया कीर्तिमान रचा है

कलेक्टर दमोह तरूण राठी को उ सचिव बनाया गया है वहींअनू क्मार सिंह अ र कलेक्टर जबल र को कलेक्टर दमोह के द र दस्थ किया गया है अ र कलेक्टर बालाघाट फ्रेंम नोबल एको ग्ना कलेक्टर का जिम्मा सौधा गया है अनू र ओले अनू प्र जिले में आज तेज हवाओं के साथ जमकर ओले गिरे इससे गेंहँ और आम की फसल को न्कसान होने की आशंका है वहीं शहरी क्षेत्र के लोग गर्मी कम होने से ख्श नजर आए कई जगह पेड टूट कर सडकों पर गिर गये

इस दौरान डॉक्टर विरोध स्वरू काली ट्टी बांधकर अ ना काम करते रहेंगे

मास्क और दो गज की दूरी हाथ धोना भी है जरुरी नमस्कार